इन परियोजनाओं की कुल लागत छह सौ चौदह करोड रूपये है प्रधानमंत्री सारनाथ लाइट एड साउंड शो रामनगर में लाल बहादर शास्त्री अस्पताल के उन्नयन जल निकास संबंधी निर्माण गायों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी केंद्रों तथा बीज भंडारगृह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वह सौ टन क्षमता वाले क्रषि उत्पाद वेयरहाउस आइपीडीएस के दूसरे चरण संपूर्णानद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बने आवासीय परिसर वाराणसी के लिए बनी स्मार्ट लाइटिंग के अलावा एक सौ पांच आगनवाडी केंद्रों और एक सौ दो आश्रय केंद्रों का उदघाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित व प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मुख्यमंत्री आज लखनऊ में आयोजित एक बैठक में उच्चाघिकारियों को निर्देश दे रहे थे उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कहा कि ब्लॉक थाना और तहसील स्तर के कार्यालयों में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सनिश्चित की जाए और उनके द्वारा जनसमस्याओं के निस्तारण की मॉनिटरिंग की जाए उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और सभी कार्यालयों में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देने की व्यवस्था करने के लिए भी उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया पराली के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदृषण की जानकारी दी जाए और उन्हें इसे न जलाने के लिए जागरूक किया जाए श्री योगी ने पर्व और त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि पटाखा बनाने वाली इकाईयां किसी भी रिथति में आबादी क्षेत्र के अन्दर स्थापित नही होनी चाहिए मुख्यमंत्री ने ठंड के मौसम को देखते हये रैन बसेरों की स्थापना करने और उन्हें सभी सुविधाओं से युक्त करने का निर्देश भी दिया कोविड के बारे में लगातार सतर्क रहने पर बल देते हए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए कारगर उपाय जारी रखे जाने चाहिए उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि जिन जिलों में संक्रमण से उबरने वालों की दर कम है वहां चिकित्सा व्यवस्था में और सुधार कर कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार सुविधाए मुहैया कराई जाएं एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों में जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड अस्पतालों में रोज सुबह और इंटीप्रेटिड कमांड और कंट्रोल सेंटर में शाम को बैठक करनी चाहिए इस बैठक में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के साथ ही आगे की रणनीति पर भी तैयारी की जानी चाहिए उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक वायरोलोजी सेंटर की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस सेंटर को नेशनल वायरोलोजी सेंटर पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी आर्देश दिए कि प्रतियोगी परीबाब्रों की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए माहौल तैयार किया जाए और इस सिलसिले में उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था करने के भी इंतजाम किए जाए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बानबे दशमलव चार नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्चास हजार से अधिक कोविड मरीज ठीक हए हैं इस प्रकार स्वस्थ होने वालों की संख्या अठहत्तर लाख अडसठ हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में मरीजों की संख्या कृल मामलों का लगभग छह प्रतिशत है इस समय देश में कोविड मरीजों की संख्या करीब पांच लाख बारह हजार रह गई है बीते एक दिन में पैंतालीस हजार छह सौ चौहत्तर नए मामलों की पुष्टि हुई है इसे मिलाकर देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या पचासी लाख से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से निपटने की समग्र रणनीति लगातार जांच संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्य दर में कमी आई है फिलहाल भारत में मृत्य दर एक दशमलव चार आठ प्रतिशत है जो कि विश्व में सबसे कम दरों में से है पिछले चाबीस घंटों के दौरान पांच सौ उनसठ कोविड रोगियों की मत्य हई है इसे मिलाकर देश में कोरोना से अब तक एक लाख छब्बीस हजार एक सौ इक्कीस लोगों की मौत हो चुकी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान परिषद के अनुसार बीते एक दिन के दौरान ग्यारह लाख चौरानबे हजार से अधिक कोविड नमनों की जांच की गई इसे मिलाकर अब तक ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख नमूनों की जांच हो चुकी है